् भरतपुर के पीलूपुरा में विभिन्न मांगों को लेकर गुर्जरों का पड़ाव जारी रहने से आज भी रेल और बस सेवाए प्रभावित

्प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहने से सर्दी के असर में थोडी और बढोतरी हुई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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

वहीं जोधप्र दक्षिण और जयप्र ग्रेटर में भाजपा को स्पष्ट बहमत मिला वहीं जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस को बढत मिली है लेकिन वह बहमत से चार सीट दूर रही कोटा उत्तर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही वहां निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन से ही मेयर बन पायेगा

और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

इसी के साथ नामांकन भरने की प्रकिया भी शुरू हो जायेगी

नाम वापसी का समय पूरा होने के साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रकाशन होगा चुनाव चार चरणों में होंगे

उधर भरतपुर के जिला कलेक्टर और आईजी पुरी तरह से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं साथ ही पुलिस का जाब्ता भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो

वहीं जयपूर से दौसा सवाईमाधोपूर भरतपूर करौली की ओर जाने वाली रोडवेज बसों के ढाई सौ फेरे प्रभावित हुए है

आज नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले त्यौहारों के मौसम में लोगों से सजग रहने और तीनों सुरक्षा उपायों को आवश्यक रूप से अपनाने की अपील की

उन्होंने महामारी के दौरान लोगों को नल का कनेक्शन प्रदान करने के प्रयासों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सराहना की